प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षाबल के जवानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने देश की जनता की ओर से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी श्री मोदी ने कहा कि लोंगोवाला पोस्ट के सैनिकों ने अपने साहस पराक्रम और बलिदान से इस पोस्ट का नाम इतिहास में अमर कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया था श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घुस कर मारता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना अपने पराक्रम से देश को सुरक्षित कर रही है जिससे दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ रहा है श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया

प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जाबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकीहर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह से मनायी जा रही है यह त्यौहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देश और राज्य वासियों को बधाई दी है श्री रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैयानायडू ने कहा कि यह पर्व भगवान राम के जीवन के श्रेष्ठ आदर्शो और मूल्यों के प्रतिहमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा जतायी है कि दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की इधर राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से दीपावली के पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने की अपील की है साथ ही कोरोना महामारी के दौरान खुद को और अपने परिजनों को सुरक्षित रखते हुए पर्व में सम्मिलित होने का आग्रह किया है

आजका दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आध्निक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर श्रद्दांजलि अर्पित की है

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को नई सोच के साथ एक नया वातावरण देना होगा ताकि देश का भविष्य संरक्षित होकर मजबूत बन सके इधर मुख्यमंत्री ने देश को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किया

कुल संक्रमित लोगों में से अब केवल पांच दशमलव चार आठ प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है

सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और मृत्यु दर बहुत कम रही है दिवाली और छठ पर्व के तहत गोड्डा जिले में आज एक कोरोना जागरूकता रथ निकाला गया यह रथ गांव गांव जाकर आम लोगों को कोरोना महामारी से बचने के प्रति जागरूक करेगा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि यह रथ पर्व त्योहारों में भीड़ न लगाने और सामाजिक द्री बनाए रखने का संदेश देगा साथ ही रथ के माध्यम से आम लोगों से यह भी अपील की जाएगी कि वे घरों में ही पर्व त्योहारों का आयोजन करें उपायुक्त ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस बार गोड्डा जिले में प्रशासनिक आदेश के बाद सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मलेशिया में फंसे राज्य के तीन श्रमिकों की रिहाई और उनकी देश वापसी करवाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने आज ट्विटर पर लिखा है कि मलेशिया में वीजा अवधि समाप्त हो जाने के कारण झारखण्ड के तीन श्रमिकों को वहां के मजदूर कैम्प में बंद कर रखा गया है इस संबंध में बगोदर से विधायक विनोद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन मजदूरों की रिहाई और देश वापसी की मांग की थी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि राज्य के मेडिकल विद्यार्थियों के लिए यह कॉलेज बेहद उपयोगी साबित होगा इससे पहले मंत्री ने कॉलेज के आधारभूत संरचना समेत विभिन्न विभागों और भवनों का निरीक्षण किया साथ ही प्रबंधन समिति से सभी प्रकार के व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली

साहिबगंज जिले के उपायुक्त राम निवास यादव ने दीपावली के अवसर पर वृद्धा आश्रम स्नेह केंद्र का भ्रमण किया इस अवसर पर उन्होंने वहां रह रहे बुजुर्गो से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना उपायुक्त ने बुजुर्गो से मुलाकात के बाद उन्हें नए वस्त्र और मिठाईयां भेंट की गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र स्थित कुल्लू सेरा गांव में बीती रात अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी बसिया के पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि गोली मारने के बाद तीनों अपराधी पैदल ही भाग निकले परिजनों ने कृछ आरोपियों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश की जा रही है उन्होंने बताया कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पलामू जिले में आज एक महिला अपने दो पुत्रों के साथ जपला रेलवे स्टेशन पर आ रही एक मालगाड़ी के सामने कूद गयी इस घटना में महिला और उसके पांच वर्ष के बेटे की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दूसरे बच्चे को इलाज के लिए निकट के अस्पताल में भर्ती कराया जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है राज्य में असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों को अब सरकारी दर पर राशन उपलब्ध कराया जायेगा खाद्य विभाग ने इस सिलसिले में निर्देश जारी कर दिया है इस निर्देश में कहा गया है कि कैंसर एड्स और कुष्ठ रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का राशन कार्ड बनवाया जायेगा इसके लिए उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा

मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जतायी है

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले पांच दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों का तापमान श्रृष्क रहेगा साथ ही आकाश के भी साफ रहने की उम्मीद है

केन्द्र सरकार खेलो इंडिया के तहत निजी क्षेत्र की पांच सौ अकादमियों को आर्थिक सहायता देगी

खेलो इंडिया कार्यक्रम देश में जमीनी स्तर पर खेल की संस्कृति बहाल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है इसके तहत देश में खेले जा रहे सभी खेलों के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना और भारत को महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष विस्वास ने कहा है कि पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है जो लोगों के श्वसन इदय और स्नायु प्रणाली को आघात पहुंचाता है